मतदाता जागरूकता आगामी विधानसभा चूनाव के मददेनजर पूरे प्रदेश में एकरूपता की दृष्टि से मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी कांताराव ने आज भोपाल में स्वीप कैलेंडर ओर लोगो जारी किया है

इस कैलेंडर में राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाली गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है प्रत्येक सप्ताह में राज्य स्तर संभाग स्तर जिला स्तर और विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा क्षेत्रीय सम्मेलन प्रदेश में आकांक्षी जिलों को लक्ष्य बनाकर सुशासन विषय पर दो दिन की कार्यशाला आज भोपाल में शुरू हई इसका आयोजन केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है कार्यशाला का उद्घाटन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अपर सचिव वसुधा मिश्र और मुख्यमंत्री के सचिव बी चन्द्रशेखर ने किया

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर पांच तकनीकी सत्र भी होंगे सम्मेलन के पहले दिन आज प्रतिभागियों ने आईसीटी के अंदर शिक्षा कृषि लोकसेवा और शिकायत प्रबंधन तथा सुशासन पर अपने विचार साझा किये यह सम्मेलन प्रतिभागियों को नागरिक केन्द्रित प्रशासन ई गर्वनेंस द्वारा पारदर्शिता जवाबदेही और लोकानुकुल प्रभावी प्रशासन के माध्यम से उन्नत लोकसेवा प्रदान करने की श्रेष्ठ कार्य पद्धतियां तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित अनुभव साझा करने के लिए मंच प्रदान कर रहा है

ग्राउण्ड रिपोर्ट केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से सतना जिले में भी कई गरीब परिवार जो कई वर्षो से कच्ची झोपड़ी में रहने को मजबूर थे उनको इस योजना के माध्यम से पक्के मकान मिले हैं जिससे उनके जीवन में खूशहाली आई है और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है

इस यात्रा के सम्बंध में आज भोपाल में मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने यात्रा के सम्बंध में तैयारियों की समीक्षा की श्री सिंह ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए सुरक्षा रूट प्लान संचार चिकित्सा आदि महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया वीडियो कॉफ्रेंस में प्रमुख सचिव ऊर्जा आई सी पी केशरी अपर मुख्य सचिव वन केके सिंह पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे इन्दौर के संभागायुक्त राघवेन्द्र सिंह कलेक्टर निशांत वरबड़े और डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया श्री मोदी का दाउदी बोहरा समाज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इंदौर आना प्रस्तावित है सूचना और प्रसारण मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यववर्धन राठौड़ ने आज नई दिल्ली में दूरदर्शन की नौ डिजिटल सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग डी एस एन जी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया ये वैन बेहतर एच डी गुणवत्ता पूर्ण प्रसारण के लिए इस्तेमाल की जाएगी यह वैन देशभर में तैनात की जाएंगी इनमें से चार वैन पूर्वेत्तर राज्यों में काम करेंगी पत्रकारों से बातचीत में कर्नल राठौड़ ने कहा कि दूरदर्शन के आध्रनिकीकरण और देश के दूरदराज के इलाकों से त्वरित समाचार प्रसारण की दिशा में यह एक और कदम है उन्होंने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दे रही है और चार वर्षों के दौरान इन क्षेत्र में और अधिक विकास हुआ है श्री राज्यवर्धन ने कहा कि आकाशवाणी और द्रदर्शन के मोबाइल एप के जरिये लोगों तक समाचार पहुंच रहे हैं भारत बंद पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में लगातार वृद्धि और बढ़ती मंहगाई के विरोध में प्रदेश में आज विपक्षी दलों के बंद का भिला जूला असर रहा कहीं कहीं पूलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी किया राजधानी भोपाल में आज कई स्कूल और कॉलेज खूले जिसके चलते सुबह सड़कों पर बसों की आवाजाही रही प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बंद का असर देखने को मिला यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया इंदौर से सटे देवास में भी बंद का असर देखा गया ज्यादातर दुकानदारों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं ग्वालियर में भी बंद का मिला जुला असर देखा गया

जिसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था ज्यादातर स्कूलों में आज अवकाश रहा वहीं मुरैना शिवपुरी जबलपुर कटनी राजगढ़ नरसिंहपुर रायसेन सिवनी नीमच पन्ना सीहोर सतना विदिशा में भी बंद का असर देखा गया वहीं खंडवा श्योपुर शहडोल में बंद का कोई असर नहीं रहा उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ओर अन्य दलों के भारत बंद को जनता को भ्रमित और परेशान करने का प्रयास बताया

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीतेश व्यास ने आज भोपाल में बताया कि देश के प्रख्यात इंजीनियर सर विश्वेश्वरैया की जयंती पर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले इंजीनियर और संविदाकारों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है यह सम्मान राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय आधार पर प्रदान किये जायेंगे

गोटमार खेल की परम्परा निभाने के लिये पोला पर्व के दूसरे दिन जाम नदी के तट पर दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं इस खतरनाक खेल में अबतक तेरह लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग अपनी आंखे भी गंवा चुके हैं फिर भी यह परम्परा अभी तक जारी है हालांकि प्रशासन की समझाईश पर सूरज ढलने के बाद दोनों पक्ष खेल खत्म कर पूजा अर्चना करते हैं इसबार भी प्रशासन ने मेला परिसर में घायलों के लिये चार अस्थाई अस्पताल बनाये हैं जरूरी उपचार के लिये बारह एम्बुलेंस लगाई गई हैं हॉकी दूर्नामेंट भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान पर आज से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने दूर्नामेंट का शुभारंभ किया

मौसम मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घण्टों के दौरान उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है वहीं इंदौर धार झाबुआ राजगढ विदिशा रायसेन सागर दमोह अनूपपुर और शहडोल जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश के आस पास बना सिस्टम आगे बढ़ गया है जिससे क्षेत्र के कई नगरों में तापमान बढ़ने की सम्भावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उज्जैन भोपाल ग्वालियर और इंदौर के कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई तथा नीमच अलिराजपुर और लटेरी में एक सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गई विभाग के अनुसार ग्यारह ओर बारह सितम्बर से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आ सकती है

इस मौके पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे